प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जापान के कोबे में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत को इस अवसर पर भारतीय मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री का गरमजोशी के साथ स्वागत किया यहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत सरकार सभी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करेगी उन्होंने कहा कि भारत और जापान के रिश्ते सदियों पुराने हैं उन्होंने कहा कि भारत के हर हिस्से में जापान के उद्यमियों ने निवेश किया है अगले पांच वर्षो में भारत पचास हजार स्टाटअपस पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने का प्रयास करेगा कार बनाने से शुरूआत कर भारत और जापान बुलेट ट्रेन विकसित करने में लगे हैं श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी चौथी जापान यात्रा है और जापान में रह रहे सभी भारतीय एक सौ पच्चीस करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं

बैठक में नरेन्द्र मोदी ने भारतीय शिष्टमंडल के सभी सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए शिंजो आबे और जापान सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया

आपको बधाई देता हू जापान में नये सम्राट के पद ग्रहण से शुरू हुए रीवा यूग के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली बैठक है इस बारे में प्रधानमंत्रो नरेंद्र मोदी ने कहा बाइट एथिलेंसी यह जापान का रीवा एरा का कालखंड है और उस कालखंड की ये हमारी पहली मुलाकात है मैं आपको और जापान की जनता को यहां के नागरिकों को इस नये कालखंड के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और मुझे खुशी है कि हिज मिनिस्ट्री का राज्यरोहण के समय हमारे राष्ट्रपति जी अक्टूबर मास में इसमें शामिल होंगे और भारत को इस बात का गर्व होगा कि इस ऐतिहासिक घटना में हम भी साक्षी होंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि आबे उनके पहले मित्र हैं जिन्होंने हाल के लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत पर उन्हें शुभकामनाएं दी बाद में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि दोनों दश नीतिगत संबंधों का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत जापान संबंधों के विभिन्न पहलूओं पर चर्चा की

दोनों नेताओं ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा की उन्होंने दूनिया भर में अपराधियों के खिलाफ भी कठोर कार्यवाही किये जाने की बात की श्री गोखले ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इस साल भारत में होने वाले दोनों देशों के वार्षिक शिखर सम्मेलन के सिलसिले में शिंजो आबे की भारत यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं

राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और पिछले चार वर्षों में मंत्रालय ने इस नीति को लेकर व्यापक चर्चा की है इससे पहले तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने यह मद्दा उठाते हुए दावा किया कि प्रस्तावित नई शिक्षा नीति के बारे में राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श नहीं किया गया है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

प्रदेश सरकार द्वारा जारी स्थानांतरण नीति क तहत पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुए ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आज राजधानी लखनऊ में खुले सभागार में ऑन लाइन ट्रांसफर प्रणाली से विभागीय अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया ग्राम्य विकास मंत्री डॉक्टर महेन्द्र सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि विगत् दो वर्षो से विभाग द्वारा इसी प्रकार से मीडिया के समक्ष और योग्यता के आधार पर अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाता रहा है और इस कदम से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा

हम लोगों ने पत्र भी दिया स्थानांतरण पत्र भी उनको वहीं पर सौंप दिया और वहीं से सीधे अपने अपने जिलों में जा करके ज्वाइनिंग के लिए लोग निकल गये और इसी तरीके से जो वीडियो हमारे क्लास दू के ऑफीसर थे उनको भी हम लोगों ने किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनता से संवाद के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में आकाशवाणी से इस रविवार को अपने विचार साझा करेंगे प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार पद संभालने के बाद यह मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी होगी प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम के जरिए अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हैं यह कार्यक्रम हर महीन के अंतिम रविवार को सवेरे ग्यारह बजे प्रसारित किया जाता है प्रधानमंत्री ने इस वर्ष जनवरी में अपने मन की बात सम्बोधन में खेलो इंडिया पहल का उल्लेख किया था प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा था कि युवा खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ तभी दे पाते हैं जब उनके यहां स्थानीय स्तर पर खेलों की सुविधाएं अच्छी और उन्नत हों बाइट इस बार के खेलो इंडिया में ढेर सारे तरूण और युवा खिलाड़ी खिल के सामने आए हैं

जब हमारा स्पोर्टस का लोकल इको सिस्टम मजबूत होगा तभी हमारे युवा देश और दुनिया भर में अपनी क्षमता का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर पाएंगे

खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि खेलो इंडिया पहल ने देश में जमीनी स्तर पर खेलों की संस्कृति को पुनर्जीवित कर दिया है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने लोगों से अपील की है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सनें तथा दूसरे लोगों को भी इसे सुनने के लिए प्रेरित करें एक वीडियो संदेश में श्री जावडेकर ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है बाइट मन की बात दुनिया का एक अनोखा कार्यक्रम है क्योंकि शायद ही कोई प्रधानमंत्री हर महीने हर परिवार के एक दोस्त और हितैषी के नाते सभी लोगों से संवाद करते हैं

आकाशवाणी के ओबरा केन्द्र में कार्यरत आशूलिपिक श्री खन्ना लाल का कल शाम मस्तिष्क पक्षाघात के कारण प्रयागराज के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया श्री खन्ना सत्तावन वर्ष के थे